्री चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सजग और सतर्क ्पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज कई जिलों में बारिश तथा तेज आंधी की संभावना कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है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

उन्होंने पूरे जिले में कंटेनमेंट जोन अधिक टेस्टिंग कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग आदि व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए

इस पर प्रभावी रोक के लिए नई रणनीति तैयार करनी होगी इसके लिए आज चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा तथा चिकित्सा राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक होगी मुख्यमंत्री ने कोविड रोगियों में ब्लैक फंगस रोग के मामले सामने आने पर भी चिंता व्यक्त की उन्होंने इस रोग की रोकथाम के लिए उचित चिकित्सा प्रोटोकॉल तैयार करने तथा जिला अस्पताल और सीएचसी स्तर तक चिकित्सकों के साथ इसकी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए

मुख्य सचेतक महेश जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये कल भरतपुर जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर पीडित मरीजों का समर्पण भाव से उपचार करने के निर्देश दिये तकनीकी और संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने कल सीकर जिले में कोरोना संक्रमण की समीक्षा की तथा सीएचसी और पीएचसी स्तर के चिकित्सा संस्थाओं को और सुदृढ बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कल सीकर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने गजनेर और कोलायत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण कर ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिये

बांसवाडा धौलपुर जालौर तथा प्रतापगढ जिलों में नए कोरोना रोगियों की संख्या सौ से कम रही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

बीमारी के दौरान काम आने वाली दवाओं की आपूर्ति के साथ उपचार के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है डॉ शर्मा ने बताया कि संक्रमण में काम आने वाली दवाओं की खरीद की जा रही है चिकित्सा मंत्री ने कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को आ रही समस्याओं के तुरंत निदान और अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और द्रुस्त करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों और नियंत्रकों को निर्देश दिए हैं

मंत्रालय ने कहा कि वे कोविड रोगी जो घर में पृथकवास में हैं या किसी सरकारी और गैर सरकारी संगठन के एकांतवास केन्द्र में रह रहे हैं वे इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं इधर जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा राज्य में इस दवा का वितरण किया जा रहा है

मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है शेष स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा